मुख्यमंत्री ने खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग और नागरिक आपूर्ति निगम को खुले बाज़ारों में आवश्यक वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए जयराम ठाकुर ने किसानों व बागवानों के लिए फफूंद नाशक और पशु चारे की समुचित आपूर्ति करने के निर्देश दिए जयराम प्रदेश सरकार औद्योगिक घरानों को बद्दी बरोटीवाला और नालागढ़ क्षेत्र में संचालन शुरू करने के लिए सुविधा प्रदान करेगी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज बीबीएन औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के दौरान ये बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रम शक्ति की सुचारू आवाजाही के लिए हर संभव कदम उठा रही है और उद्योगों के लिए कच्चे माल की ज़रूरत व तैयार माल की सप्लाई को सुदृढ़ किया जा रहा है इस दौरान एसोसिएशन के प्रधान संजय खुराना ने उद्योगपतियों के विभिन्न मामलों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जयराम ठाकुर ने एसोसिएशन की सभी उचित मांगों पर विचार का आश्वासन दिया राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के सभी उपायुक्तों को अपने संबंधित जिले के सभी गैरपंजीकृत प्रवासी मजदूरों को पंजीकृत करने और उन्हें पहचान पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं

राज्यपाल ने लोगों से सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है गृह मंत्रालय केन्द्र सरकार कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए हर आवश्यक उपाय कर रही है

कर्फ्यू पास कर्फ्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई वाले वाहनों को पास लेने के लिए चम्बा जिला प्रशासन ने ऑनलाइन व्यवस्था की है इस व्यवस्था के तहत वाहन मालिक अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन भेज कर अनुमति ले सकते हैं कार्यालयों में अनावश्यक आवाजाही को रोकने के लिए ही जिला प्रशासन ने ई पास की व्यवस्था की है इस बीच जिला उपायुक्त विवेक भाटिया ने लोगों से जिला रेडक्रॉस सोसाइटी को दान देने की अपील की है उन्होंने कहा कि दान के तौर पर सहयोग राशि को उपायुक्त व अध्यक्ष जिला रेडक्रॉस सोसायटी के नाम भेजा जा सकता है विवेक भाटिया ने कहा कि इस सहयोग राशि का उपयोग लॉकडाऊन की वजह से प्रभावित गरीबों और असहाय मजदूरों की मदद में किया जाएगा कप्यू ढील प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में प्रशासन द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को निशुल्क राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने आज नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा किट्स और फल बांटे उन्होंने सफाई कर्मचारियों को अपनी साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देने को कहा